बिपल्ब कुमार देब त्रिपुरा के नये मुख्यमंत्री होंगे

भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष को एकमत से विधायक दल का नेता चुना गया भाजपा और उसकी गठबंधन सहयोगी इंडीजीनियस पीपूल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज अगरतला में बैठक के बाद यह निर्णय लिया यह भी फैसला किया गया कि जीश्नू देबबर्मन को उपमुख्यमंत्री बनाया जायेगा शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को होगा वहीं नैशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के अध्यक्ष कोनराड संगमा आज मेघालय के मुख्यमंत्री बन गए हैं राज्यपाल गंगा प्रसाद ने शिलांग में आयोजित समारोह में श्री संगमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई वे लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय पीए संगमा के प्रत्र हैं श्री संगमा के साथ ही ग्यारह अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिपल्ब कुमार देब और कोनराड संगमा को बधाई दी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा में आयोजित लोक कल्याण शिविर में शामिल हुये इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि कोलारस को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये वो लगातार प्रयासरत हैं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोलारस के विकास के लिये कोई कसर नहीं छोड़गी

इसके अलावा गांव में हाई स्कूल की स्वीकृति भी दी और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये नलजल योजना की भी मंजूरी दी लोककल्याण शिविर में मुख्यमंत्री ने हितग्रहियों को लाभान्वित भी किया

उन्होंने कहा कि इसमें कम साधनों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उत्पादन लागत कम आती है इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक ऋषि वैदिक होमा जैविक कृषि और गौ पालन जैसी स्थोई खेती के जरिये विभिन्नि जैविक कृषि को बढ़ावा देना है

इस दौरान प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं रंगपंचमी के अवसर पर आज हड़ताली कर्मचारियों ने भोपाल में प्रदर्शन करते हुए शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की संघ के जिला अध्यक्ष डीपी खरोले और संयोजक शैलेष डहरिया ने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी यह हड़ताल जारी रहेगी और इस दौरान धरने प्रदर्शन और रैलियां निकाली जाएंगी

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास के लिये सुझाव मांगे हैं

रंगपंचमी मालवा अंचल समेत प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में होली के पांच दिन बाद मनाया जाने वाला रंगपंचमी का पर्व आज पूरे उत्साह और उमंग से मनाया गया इंदौर में इस पर्व पर हजारों लोग यहां निकलने वाले विशेष जुलूस में शामिल हुए शहर के प्रमुख बाजार राजबाड़ा से निकलने वाली इस गेर में टैंकरों में पानी भर कर मोटर पंपों से लोगों पर रंगीन पानी डाला गया जिला प्रशासन ने इसके लिए विशेष इंतजाम किए थे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा बजरबट्ट सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें श्री विजयवर्गीय रॉकस्टार की भूमिका में दिखाई दिए राजधानी भोपाल में भी आज हुरियारों ने कई स्थानों पर रंगपंचमी का जुलूस निकाला मालवांचल के ही उज्जैन में भी आज रंगपंचमी पूरे उत्साह से मनी महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की आरती के समय पुजारियों और भक्तों ने भगवान महाकालेश्वर को रंग लगाया जिसके बाद मंदिर परिसर से शहर में रंगपंचमी की शुरुआत हुई ग्वालियर में रंगपंचमी पर भगवान अखिलेश्वर महादेव मंदिर से जुलूस निकाला गया प्रशासन ने जुलूस को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी उमरिया सीहोर डिंडौरी और खंडवा सहित अन्य जिलों में भी रंगपचंमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित होली भिलन समारोह में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगपंचमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद हमारा देश एक है हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी देना चाहिए श्रीमती पटेल ने कहा कि राजभवन में आयोजित होली मिलन समारोह में मुझे सुखद अनुभव हुआ है

जल संकट शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में जल परिवहन कर जंगल में जगह जगह पानी के गड्डे भरे जा रहे हैं जिससे वन्य प्राणियों को प्यास बुझाने के लिए पानी मिलता रहे पिछले सालों में टैंकरों से वन्य जीवों के लिए पानी भेजे जाने की आवश्यकता मई के महीने के प्रारंभ से की जाती थी इस बार अल्प वर्षा के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों का जलस्तर बहुत कम हो गया है तथा कुछ तो पूरी तरह सूख चुके हैं इसके कारण अभी से वन्यजीवों के लिए टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है निलंबन भिंड जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में महिला सुपरवाइजर्स के साथ अभद्र व्यवहार के आरोपी जिला कार्यक्रम अधिकारी बीएल विश्नोई को निलंबित कर दिया गया है निलंबन अवधि में डीपीओ का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवाएं ग्वालियर रहेगा

ये दल नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिले में बैतूल हरदा और होशंगाबाद में उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे